स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

प्रधानमंत्री ने स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बातचीत की और उनसे अनुरोध किया कि दो शाही स्नान पहले ही संपन्न होने को देखते हुए कुंभ के उत्सव को केवल प्रतीकात्मक रूप में मनाया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि इससे महामारी के खिलाफ संघर्ष को बल मिलेगा श्री मोदी ने कोविड से संक्रमित संतों के स्वास्थ्य के बारे में भी पृछताछ की और प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए संतों का आभार व्यक्त किया इस बीच महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड दिशानिर्देशों का पालन करें और बड़ी संख्या में कंभ स्नान के लिए न आए उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री की अपील का सम्मान करते हैं

ग्ना जिले के कोविड प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया ने कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराए जाने के निर्देष दिए हैं

क्छ देर पहले उन्होंने अपने निवास पर अधिकारियों की एक बैठक भी ली दुमोह उपचुनाव दमोह विधानसभा सीट पर उपच्नाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं कोरोना संक्रमण के कारण सभी मतदान केंद्रों पर खास इंतजाम किए गए हैं अंदर जाने से पहले जहां मतदाता का तापमान जांचा जा रहा है वहीं वोट देने के बाद हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर और साब्न का भी इंतजाम किया गया है

मुख्य मुकाबला भाजपा के राहल लोधी और कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के बीच माना जा रहा है यह सीट राह्ल लोधी के भाजपा में शामिल होने के बाद रिक्त हुई थी

विश्व धरोहर दिवस विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर देश और प्रदेश की सांस्कृतिक ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों को स्रक्षित रखने और उनके संवर्धन और संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए धरोहर भविष्य के परिपेक्ष्य में विषय पर कल वेबिनार का आयोजन किया जाएगा मध्यप्रदेश ट्ररिज्म बोर्ड के प्रबन्ध संचालक शिव शेखर श्क्ला ने बताया कि वेबिनार को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की अतिरिक्त महानिदेशक रूपिन्दर बरार और इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन पद्मश्री सुधा मूर्ति संबोधित करेंगी